केंद्र सरकार ने पांचवी और आठवीं कक्षा में फेल किये जाने के प्रावधान को लागू कर दिया है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है शिक्षा के अधिकार कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कक्षा पांच और आठ में छात्रों को फेल किया जा सकता है जबकि पहले आठवीं तक किसी को फेल नहीं करने का कानून था केंद्र सरकार सामूहिक खेती के लिये मुफ्त में बोरिंग करायेगी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत एक बोरिंग के लिये दो लाख अड़तीस हजार रूपये खर्च होंगे इस योजना में छह इंच व्यास का एक सौ नब्बे फीट गहरा बोरिंग किया जायेगा साथ ही पांच हॉर्स पावर का समरसेबुल इलेक्ट्रिक मोटर भी दिया जायेगा प्रदेश में पहली बार यह योजना लागू की जा रही है केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत एक सौ तैंतीस करोड़ रूपया आवंटित किया है इस योजना के लाभ के साथ ही किसानों को ड्रिप सिंचाई योजना में नब्बे प्रतिशत अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत व्यापारी अपने ग्राहकों से अब टैक्स नहीं वसूल सकेंगे इसके तहत कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत कारोबारियों को अपने बिल पर जीएसटी पंजीकरण का विवरण दिखाना होगा इससे वे ग्राहकों से जीएसटी के मद में कोई रकम नहीं ले सकेंगे इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व में आ रही कमी से निपटने के लिए गठित सात सदस्यों वाले मंत्रिसमूह का अध्यक्ष बनाया गया है यह समिति आंकड़ों का विश्लेषण करके राजस्व बढ़ाने और सुधारात्मक उपायों के सुझाव देगी गुजरात आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है

शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा यह आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के अतिरिक्त दिया जायेगा राज्य में अब गेट के अंक के आधार पर सहायक अभियंताओं की नियुक्ति होगी बीटेक पास युवकों को गेट की परीक्षा देनी होगी सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश पर सहायक अभियंताओं की नियमित नियुक्ति के लिये प्रावधान किया जा रहा है इसके अंतर्गत गेट के अंक का कट ऑफ तैयार कर सीधे नियुक्ति हो जायेगी ये नियुक्ति प्रक्रिया तकनीकी सेवा आयोग की देखरेख में होगी राज्य सरकार ने प्रदेश के तीन जिलों अररिया नवादा और किशनगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है इन जिलों में खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में चार पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी इनमें सीविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और कॉम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल है राज्य सरकार ने प्रत्येक कॉलेज को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये साठ साठ सीटें आवंटित की है विज्ञान और प्रावैद्यिकी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है खान और भूतत्व विभाग ने बालू ढुलाई की नई व्यवस्था लागू कर दी है इसके तहत गंगा नदी के उस पार सारण जिले के तट पर बालू का भंडारण शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने एक बार फिर से नाव से ही बालू ढुलाई की व्यवस्था को मंजूरी दी है सारण जिले के तट पर पांच स्थानों पर बालू के भंडारण की व्यवस्था की गयी है इधर डोरीगंज क्षेत्र से सोन बालू की बिक्री शुरू कर दी गयी है पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश में कनकनी बढ़ गयी है सुबह और शाम के तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि गया का न्यूनतम तापमान छह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना और गया में आंशिक बादल छाये रहने की संभावना है अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़े अंतर के कारण कोहरे का प्रभाव भी कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है इसके कारण सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है घने कोहरे के मद्देनजर रेलवे ने आज उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस सियालदाह आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है बांका जिले के धोरैया स्थित बबुरागांव में बर्ड फ्लू की प्रष्टि होने के बाद गठित टीमों ने नाकेबंदी कर ढाई सौ से अधिक पक्षियों को मार डाला है त्वरित कार्रवाई दल में शामिल टीमों ने बबुरा और बदालीचक गांव के विभिन्न वार्डो में सघन अभियान चलाकर यह कार्रवाई की पशुपालन निदेशक विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि सरकार की पूरी नजर बर्ड फ्लू पर है विशेष टीम द्वारा कलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है इधर रोहतास के कोचस में कौओ के मरने का सिलसिला जारी है पटना स्थित तख्त श्री हरिमन्दिर साहिब गुरुद्वारा में प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज बाललीला गुरूद्वारा में गुरू महाराज का जन्मोत्सव मनाया जायेगा ग्रूद्वारा में अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर देशभर के श्रद्धालुओं और संतों का समागम हुआ है शबद कीर्तन से पूरा माहौल गुंजयमान है विशेष लंगर में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग भाग ले रहे हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार आज राजगीर में कृषि यांत्रिकरण मेला का उद्घाटन करेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले इस दो दिवसीय मेला में अत्याध्रनिक कृषि यंत्रों के स्टॉल लगाए जाएंगे मेले में किसान इन यंत्रों को खरीद भी सकते हैं मद्य निषेध उत्पाद की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर के मोतिपुर थाना परिसर स्थित थानाध्यक्ष के निजी आवास से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब दो लाख से अधिक नकदी और कई आपत्तिजनक समान जब्त किये हैं इस मामले में मोतिपुर थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है छापेमारी की भनक मिलते ही मोतिपुर थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ फरार हैं पटना में आयोजित प्रकाश पर्व के दौरान अमृतसर से आयी एक श्रद्धालू की हृदयाघात से मौत हो गयी मृतक श्रद्धालु का नाम बलवीर कौर है भोजपुर जिले के पीरो स्थित एक मॉल में अपराधियों ने गोलीवारी कर चालीस हजार रूपये लूट लिये पुणे में खेली जा रहे खेलो इंडिया युथ गेम्स के एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बालिका अंडर टवेंटी वन वर्ग में बिहार की अंजनी कुमारी ने जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है अंजनी ने चौवालीस दशमलव तीन सात मीटर जैवलिन फेंक कर बिहार के लिये खेलो इंडिया में चौथा मेडल प्राप्त किया है पटना के मसौढ़ी में आज से पच्चीसवीं बिहार राज्य सब जूनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है कटक में चल रहे इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की टीम ने अपने पहले मैच में विद्यासागर यूनिवर्सिटी को उनासी रन से पराजित किया आंध्र प्रदेश के नारायणपुरम में खेली जा रही अंडर नाईंटीन बालिका क्रिकेट चैंपियनशिप में बिहार ने छत्तीसगढ़ को आठ विकेट से पराजित किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पाचवीं व आठवीं में फेल करने का कानून लागू दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बिहार गरीब प्रदेश पर सेवाभाव में हर मौके पर रहता आगे प्रभात खबर का शीर्षक है गणतंत्र दिवस पर पूरा राज्य घोषित हो सकता है ओडीएफ बिजली के बाद अब छब्बीस तक हर घर में होगा शौचालय भी दैनिक भास्कर की सुर्खी है सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण देने वाला गुजरात पहला राज्य डेढ़ करोड़ लोगों को लाभ आज अखबार लिखता है पीएम ने गुरू गोविंद सिंह जी के सम्मान में जारी किया सिक्का